जयराम ठाकुर का दावा सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में राज्य का ईमानदारी से किया विकास

सोलन की रानी ने विशाखापटनम में चल रही राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण और पदक जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि दूरदराज के क्षेत्रों में सड़क सुविधा मुहैया करवाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है मंडी ज़िले में सराज क्षेत्र की मुराह पंचायत में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को भरपूर आर्थिक मदद दे रही है जिससे प्रदेश का सर्वांगीण विकास संभव हआ है

इससे पहले जयराम ठाकुर ने क्षेत्र में करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास भी किए मुख्यमंत्री ने बालीचौकी में खंड विकास अधिकारी कार्यालय का शुभारम्भ किया और यहां तहसील कल्याण कार्यालय खोलने की घोषणा भी की

सिंचाई मंत्री महेंद्र ठाकुर भी इस मौके मौजूद रहे मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि राज्य सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश के विकास के लिए ईमानदारी से कार्य किया है और इस दौरान कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं

जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा परिपेक्ष्य में सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है और ऐसे में राज्य सरकार युवाओं को स्टार्टअप योजना के माध्यम से स्वरोजगार की ओर प्रेरित कर रही है

कुल्लू जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मणिकर्ण के भवन और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरी में अल्ट्रासाउंड मशीन के लोकार्पण के बाद जनसभा में उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में तीन सौ डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं उन्होंने कहा कि आयुर्वेद विभाग में जल्द ही सौ चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी

वीरेंद्र कंवर पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि बेसहारा पशुओं की समस्या के प्रति सरकार गंभीर है और इसके लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं बिलासपुर जिले के नयना देवी में अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रही गोशालाओं की क्षमता बढ़ाने और गौ अभ्यारण्य बनाने पर विचार किया जा रहा है उन्होंने अधिकारियों को गौशालाओं में पेयजल व बिजली व्यवस्था द्रूस्थ करने के निर्देश दिए इस बीच ऊना जिले के त्यूडी व बदोली स्कूलों के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए वीरेंद्र कंवर ने मेधावी बच्चों को पुरस्कार बांटे

अनिल शर्मा ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने मंडी के एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में आज मेधावी बच्चों को पूरस्कार बांटे उन्होंने कहा कि शिक्षा के विकास में सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों का भी अहम योगदान है उन्होंने बच्चों से पढ़ाई के साथ खेलों में भी भाग लेने का आहवान किया इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर जिले के भरेड़ी स्थित एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में शिरकत कर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट बच्चों को पुरस्कृत किया उन्होंने बच्चों से नशे से दूर रहने का आहवान किया

आज नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले पर ये आरक्षण सुविधा देने का फैसला लिया गया

केंद्र सरकार इस संबंध में संशोधन विधेयक संसद में पेश करेगी इस बीच शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले का स्वागत किया है गोबिंद ठाकुर हिमाचल उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच अंतर राज्यीय परिवहन समझौता हो गया है जिसके तहत दोनो राज्यों के बीच परिवहन सेवाएं सुलभ होंगी परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने आज लखनऊ में इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए उन्होंने कहा कि इन राज्यों के बीच सुलभ परिवहन सेवाओं को सुलभ बनाया गया है और इसका श्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ के प्रयासों को जाता है

उड़ान जनजातीय क्षेत्रों के लिए कल आठ जनवरी को हैलिकॉप्टर की तीन उड़ाने भरने का कार्यक्रम है पहली उड़ान भुंतर किलाड़ चंबा दूसरी चंबा धरवास चंबा और तीसरी उड़ान चंबा किलाड़ उदयपुर भुंतर के बीच होगी ये उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी खेल महाकुंभ ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कवर ने आज ऊना जिले के थाना कंला में सांसद स्टार क्रिकेट खेल महाकुंभ का शुभारम्भ किया

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि खेल महाकृंभ के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं के लिए तैयार किया जाएगा मौसम प्रदेश में पिछले तीन चार दिन हुई बर्फबारी और वर्षा के बाद आज मौसम साफ रहा हालांकि प्रदेश भर में शीतलहर जारी है और कई स्थानों पर जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने हिमखंड गिरने की आशंका के मध्यनजर लोगों से एहतियात बरतने का आग्रह किया है

रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार ने विकास की गति को बढ़ावा दिया है और अनेक विकास योजनाएं चलाई जा रही है मंडी से जारी एक ब्यान में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर राफेल मामले को लेकर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के सभी भागों में सांसद निधि के तहत धनराशि आंबटित की गई है और कांग्रेस नेता इसे लेकर अनाप शनाप ब्यानबाजी कर रहे हैं